कोविड महामारी के खिलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह बात कही बाइट उन देशों में भारत एक है आज भारत एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं

उन्हेांने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया के विभिन्न भागों के लोगों को आपस में जोड़ दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्धता प्रदर्शित कर अपनी अलग पहचान बनाई है बाइट आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है आप जहां भी गए भारत को भारतीयता को साथ लेकर के गए आप भारतीयता को जीते रहे आप भारतीयता से लोगों को जगाते भी रहे और आप देखिए फूड हो या फैशन हो फैमिली वेल्यूज हो या बिजनेस वेल्यूज आपने भारतीयता का प्रसार किया है श्री मोदी ने कहा कि भारत में विकसित नई प्रणालियो की विश्वभर में सराहना हुई है उन्होंने कहा कि समाज के गरीब से गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से सशक्त बनाने के भारत के अभियान की दुनियाभर में चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में बदलाव लाने के लिए शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक के क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए हैं प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रयास कर रहे हैं तो प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे

केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच कल हुई आठवें दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठन अगर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बजाय कोई वैकल्पिक सुझाव देते हैं तो सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए प्रभावी कोल्ड चेन सुरक्षित स्टोरेज तथा सुगम आवागमन के सभी प्रबंध भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार किये जायें मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के दौरान प्रदेश में पन्द्रह सौ केन्द्रों के तीन हजार बूथों पर टीकाकरण कार्य किया जायेगा इसके लिए तेरह सौ कोल्ड चेन स्थापित हो चुकी हैं उन्होंने सभी अस्पतालों नर्सिग होम एव चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी के सभी प्रबन्ध निधारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकमण की दर में काफी कमी आई है लेकिन अभी संकमण समाप्त नहीं हुआ है इसलिए इससे बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाई रखी जाये उन्होंने कहा कि संकमण की चेन को तोड़ने के लिए टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाये उन्होंने बताया कि लखनऊ का केजीएमयू देश का एक मात्र संस्थान है जिसने सर्वाधिक दस लाख आरटीपीसीआर टेस्ट किये हैं जो एक बड़ी उपलब्धि है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

प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कल से प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन किया जायेगा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रूखाबाद स्थित संकीसा प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र में कल आरोग्य मेला का शुभारम्भ करेंगे कोरोना महामारी के कारण पिछले मार्च माह मे इस साप्ताहिक मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया था उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हर रविवार को सुबह दस बजे से अपराहन चार बजे तक पहले की तरह मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित किया जायेगा मेले में पैथालोजिकल जांच की सुविधाएं और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है

उन्होंने इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के संबंध में लोगों को जानकारी प्रदान करने और लाभाथियों को इन योजनाओं के गोल्डेन कार्ड वितरित करने के लिए भी कहा है प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं आगामी सोमवार ग्यारह जनवरी को प्रदेश में पन्द्रह सौ केन्दों पर ड्राई रन का फाइनल अभियान चलाया जायेगा जिससे किसी प्रकार की कमी को पहले ही द्रूस्त किया जा सके इससे पहले सात जनवरी को राज्य के प्रत्येक जनपद के तीन शहरी और तीन ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई रन का अभियान चलाया गया था राज्य के अपर मूख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना का संकमण कम हो रहा है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए अभी सावधानी बरतने और सतर्क रहने की जरूरत हैं उन्होंन लोगों से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है प्रदेश से सटे राज्यों सहित देश के विभिन्न प्रदेशों में बर्ड फ्लू के बढते मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन से पक्षियों की असामान्य मौत की किसी भी घटना की सूचना राज्य सरकार को देन को कहा गया है

अभी तक प्रदेश में बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं पाया गया है लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है राज्य में मौजूद जलाशयों और मुर्गी पालन केन्द्रों से नमूने इकड्डा किये जा रहे हैं मुख्यमंत्रीं योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू के हालात पर बैठक की और खास एहतियात बरतने के निर्देश दिये उन्होंने अधिकारियों को प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा क्योंकि मेले में हजारों श्रद्वालू आते हैं और इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी संगम तट पर पहुंचते हैं उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू के चलते ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और प्रयागराज मेला प्राधिकरण को निर्देश दिये कि वो इस बात का प्रचार प्रसार करें कि श्रद्धालु पक्षियो को दाना न खिलायें सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश दश में कोरोना मरीजों की सबसे अधिक जांच करने वाला प्रदेश हो गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटेक्निक और फार्मेसी डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्थाओं सहित प्रदेश के सभी निजी प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में फैकल्टी अवस्थापना सुविधााओं की उपलब्धता और अन्य निर्धारित मानको के सत्यापन के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं से संबधित सभी सूचनाएं ऑन लाइन कराई जायें मुख्यमंत्री कल प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रस्तुतीकरण देख रहे थे